राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मिशनों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल पंचकूला के कालका से जन आर्शीवाद यात्रा को रवाना करेंगे मौसम विभाग ने कल हरियाणा में कई जगह भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक द्वाार भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में लिए गए फैसले की सराहना करने पर संतुष्टि जताई है

पाकिस्तान का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि क्छ ऐसे व्यक्ति हैं जो कश्मीर की हालत के बारे में गलत रवैया अपना रहे हैं जो वास्तविकता से बिल्कुल दूर है उन्होंने कहा कि आतंक की घटनाएं बंद होनी चाहिए ताकि आपसी बातचीत शुरू हो सके श्री अकबरूदीन ने जोर देकर कहा कि कई राजनीतिक ढंग हैं जिनसे देश एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याएं सुलझाते हैं किंतु आतंकवाद को बढावा देकर कुछ परिणाम प्राप्त करना आम मुल्कों का व्यवहार नहीं है उन्होंने कहा कि बीते दिनों भारत सरकार और इसकी कानूनी संस्थाओं द्वारा किए गए फैसलों का मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर व लददाख में सरकार अच्छी तरह चले और लोगों की भलाई के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास हो

उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर में लगाई गई सभी पाबंदियां हटाने के लिए वचनबद्ध है जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने बारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने हेतु चीन ने अपील की थी

केवल चीन ने ही पाकिस्तान का समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के बाकी सदस्यों फ़ांस रूस अमेरिका आदि चाहते थे कि कश्मीर मुद्दे को आपसी बातचीत से हल किया जाये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि सरकार आयुष्मान भारत योजना और स्वास्थ्य संबंधी अन्य मिशनों के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है राष्ट्रपति वर्धा में महात्मा गांधी इंस्टिचिउट ऑफ मेडिकल साईस के स्वर्ण जयंती समारोह में छात्रों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने छात्रों से महात्मा गांधी के जीवन से नैतिकता सहानुभूति और मानवता की सेवा आदि गुण सीखने का आग्रह किया

इससे पहले आज राष्ट्रपति से सेवाग्राम में महात्मा गांधी आश्रम का दौरा किया उन्होंने आश्रम परिसर में बापू कुटी का दौरा किया और श्रद्वांजलि अर्पित की भिवानी में आज शहीद मदन लाल ढींगरा की शहादत को नमन् करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर उपायुक्त सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहीद मदन लाल ढींगरा को श्रद्दांजलि अर्पित की

उन्होंने इंग्लेंड में भारत की आजादी के लिए काम करने वाले संगठन की जासूसी करने वाले अंग्रेज की हत्या की थी

इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जय राम ठाकुर भी उपस्थित रहेंगे उधर उपायुक्त श्री मुकेश कुमार आहजा ने कालका का दौरा करके इन कार्यक्रमों में सुरक्षा व यातायात प्रबन्धों का जायजा लिया उन्होंने श्री काली माता मन्दिर कालका क्षेत्र का भी दौरा किया उनके साथ पुलिस उपायुक्त दीपक गहलावत अतिरिक्त उपायुक्त उत्तम सिंह नगराधीश गगनदीप सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित रहें इस मौके पर उपायुक्त ने अधिकारियों को सुरक्षा व यातायात के समूचित प्रबन्ध करने के निर्देश दिए उन्होनें केन्द्रीय रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री के आने व जाने के रूट को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल प्रातरू श्री काली माता मन्दिर कालका में पूजा अर्चना करेगें केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल और हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकर सब्जिमंडी कालका में विशाल जनसभा को सम्बोधित करेगें और उसके उपरात जन आर्शीवाद यात्रा रवाना होगी

इन सम्मेलनों के माध्यम से महात्मा गांधी की शिक्षाओं को जन जन तक पहंचाया जायेगा

इस अवसर पर राज्यपाल श्री वीपी सिंह बदनौर ने अहिंसा विश्व भारती की पत्रिका आहवान का विमोचन किया

मौसम विभाग ने हरियाणा में कलन बहत भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आज भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है सबसे ज्यादा वर्षा नरवाना रेवाड़ी चण्डीगढ़ अंबाला पलवल और नारनौल में दर्ज की गई है